प्रदेश के सभी जिलों से बाकी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य के लिए रवाना

चुनाव परिदृश्य उत्तराखंड की सभी पांच लोकसभा सीटों के लिए कल सुबह सात बजे से मतदान होगा मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मतदान के दौरान आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस सेवाएं ली जाएगी

मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं महिलाओं के लिए कहीं कहीं सखी ब्रथ बनाए गए हैं जहां सभी मतदान कर्मी महिलाएं होंगी साथ ही दिव्यांगों बीमार और बुजुर्गो के लिए वाहन व्हील चेयर और डोली की व्यवस्था भी की गई है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए राज्य में नेपाल हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगी सीमाएं सील केर दी गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं

राज्य में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनावों में पांचों सीट पर विजयी हासिल की थी केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा सुरक्षित सीट पर भाजपा से भाग्य आजमा रहे हैं जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत नैनीताल सीट से चुनाव मैदान में हैं

दूरस्थ क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी का सिलसिला सोमवार से शुरू हो गया था

इस बार बोरबलड़ा और कुंवारी पोलिंग बूथ के लिये अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है बागेश्वर और कपकोट दोनों विधानसभा क्षेत्र में बीस लाख आठ हजार चार सौ पैंतालिस मतदाता हैं उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर से पोलिंग पार्टियां ईवीएम और वीवीपेट के साथ अपने निर्धारित बूथों के लिए के लिए रवाना हुई

पोलिंग पार्टियों के अलावा पुलिस बल को भी चुनाव क्षेत्र में तैनाती के लिए आज रवाना कर दिया गया है

जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि शांतिपूर्वक मतदान करवाने के लिए जिले में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है

जिले के सभी विकासखंडों के स्कूली बच्चे रैली में शामिल हुए कुमाऊं के पारंपरिक परिधानों में सजे विद्यार्थियों ने नारों और स्लोगन के जरिए मतदाताओं से वोट देने की अपील की

यह कहना है राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम का

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसी स्थिति में भी पूरी व्यवस्था की गई है

जिले की कपकोट विधानसभा में ऐसी कई जगह हैं जहां पर संचार व्यवस्था बाधित हैं लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या व्यवधान ना हो इसलिए इन मतदान केंद्रों को सैटेलाइट फोन दिये गये हैं

इन क्षेत्रों के अलावा सोरांग और मेहरगाड़ी मतदान केंद्रों को एक एक सैटेलाइट फोन दिए गए है जिनके जरिए यहां की गतिविधियों पर पल पल की नजर रखी जाएगी

इन विधानसभाओं में चुनाव ड्यूटी करने वाली सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की टीमें अलग अलग रंग में दिखाई देंगी वहीं प्रशासनिक टीम भी काले रंग की टी शर्ट में दिखाई देगी इसके पीछे मुख्य उद्देश्य मतदान कार्मिकों में टीम भावना पैदा करना है जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज खैरवाल ने बताया कि इ वी एम के साथ ही काउंटर और स्टॉल पर भी विधानसभावार कलर कोड किये गए हैं जिससे मतदान कार्मिको को अपना स्टॉल ढूंढने में भी आसानी होगी इस पहल से मतदान कार्मिक भी खुश हैं उनका कहना है कि कलर कोड जारी होने से उनकी परेशानियां कम हो हई हैं रु द्रप्रयाग ऐप दिव्यांगजनों को पोलिंग बूथ में सुविधाओं की जानकारी देने के लिए दिव्यांग वोट नाम से मोबाइल एप बनाया गया है इस मोबाइल एप के माध्यम से कोई भी दिव्यांग मतदाता प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ले सकता है रुद्रप्रयाग जिले में स्वीप टीम दिव्यांगों के घर जाकर उनके मोबाइल में इस ऐप को इन्सटॉल कर रही है इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है

अगर कोई दिव्यांग मतदाता अपने लिए ब्रथ पर की गई व्यवस्था को जानना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले ऐप में जाकर अपनी विधानसभा का चयन करना होगा फिर बूथ चयन करने के बाद उस बूथ के समस्त दिव्यांग मतदाताओं के नाम प्रदर्शित हो जाएगे